उनकी दिलचस्पी अपने हितों में

अगले चौबीस घंटों के दौरान आंधी बारिश की संभावना सातवें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है इस सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पटना के पालीगंज में पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव और पटना साहिब से प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल कभी भी विकास की बात नहीं करते क्योंकि उनकी दिलचस्पी अपने हितों में ज्यादा है उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केन्द्र में कमजोर सरकार बनाना चाहते हैं ताकि व्यक्तिगत लाभ के लिए वे ब्लैकमेलिंग का सहारा लेकर अपने काम करवा सकें श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है

वो अब समझ चुके हैं हमारे लिए देश के हर वर्ग हर समुदाय हर क्षेत्र का विकास जरूरी है हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं

प्रधानमंत्री ने अपराध को कथित रूप से बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की भी आलोचना की श्री मोदी ने द्रढ़तापूर्वक कहा कि आतंकवाद का सफाया केवल उनकी सरकार द्वारा अपनाई गई आक्रामक रणनीति से ही संभव हो सकता है सभा को संबोधित करते हुये जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गयी विभिन्न योजनाओं के कारण समाज के हाशिये के लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सका है सभा को संबोधित करते हुये लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि केन्द्र में एक बार फिर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी तय है सभा को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और गिरिराज सिंह ने भी संबोधित किया इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बक्सर में राजद प्रत्याशी जगदानंद सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री यादव ने कहा कि यह चुनाव परिवर्तन की लड़ाई है उन्होंने कहा कि आज संविधान और आरक्षण खतरे में हैं श्री यादव ने लोगों से महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की सभा को लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी संबोधित किया राजद नेता ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर काराकाट के अकोढ़ीगोला और सासाराम के शिवसागर में भी महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित किया जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद के मेहंदिया सासाराम के करगहर और काराकाट के नोखा में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के पक्ष में बख्तियारपुर खुशरूपुर फतुहा और पटना सिटी में रोड शो किया पटना में वरिष्ठ राजनेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस बार केन्द्र में एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है इधर सासाराम से कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार पाटलिपुत्र से राजद प्रत्याशी मीसा भारती आरा से भाकपा माले के राजू यादव और काराकाट से रालोसपा के उपेन्द्र कुशवाहा भी अपने पक्ष में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल पटना में पाटलिपुत्र और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो करेंगे निर्वाचन आयोग की आज पटना में मतगणना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुयी इसमें सभी जिलों के पीठासीन पदाधिकारियों को मतगणना से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करायी गयी पटना उच्च न्यायालय ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में लोजपा के वरिष्ठ नेता और पशुपालन मंत्री पशुपति कुमार पारस को राहत देते हुये मामले को रद्द कर दिया है यह मामला खगड़िया का है जिसमें जिले की एक अदालत ने श्री पारस के खिलाफ समन जारी किया था नक्सल प्रभावित जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में मुकाबला काफी रोचक होने के आसार हैं

एनडीए के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और महागठबंधन के सुरेंद्र प्रसाद यादव वर्तमान सांसद अरूण कुमार और बसपा के नित्यानंद सिंह के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है जहानाबाद संसदीय क्षेत्र उन्नीस सौ इक्यानवे तक साम्यवाद का गढ़ माना जाता था उन्नीस सौ अंठानवे से लेकर अभी तक पांच चुनाव में तीन बार एनडीए और दो बार राजद को जीत मिली है दो हजार चौदह में रालोसपा के अरूण कुमार ने राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव को बयालीस हजार तीन सौ सात मतों के अंतर से पराजित कर जीत दर्ज की थी गरीबी अशिक्षा बेराजगारी का दंश झेल रहे इस संसदीय क्षेत्र का इस चुनाव के बाद कितना विकास होगा यह आने वाला समय ही बतायेगा जहानाबाद अरवल से चंद्रभूषण कुमार पूर्व मध्य रेलवे के कटिहार रेलमंडल में रख रखाव कार्यों को लेकर सात जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को सत्रह मई तक रद्द कर दिया गया है वहीं छह जोड़ी ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है चार जोड़ी ट्रेनों को अपने निर्धारित गंतव्य से पहले ही समाप्त किया जा रहा है कटिहार रेल मंडल के प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक विवेकानंद द्विवेदी ने बताया कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें सिलीगुड़ी बालूरघाट इंटरसिटी एक्सप्रेस हल्दीबारी कोलकाता सुपरफास्ट एक्सप्रेस कामाख्या प्ररी एक्सप्रेस कामाख्या रांची एक्सप्रेस उत्तरबंग एक्सप्रेस और महानंदा एक्सप्रेस शामिल है टाटा लिंक और गरीब नवाज एक्सप्रेस को प्रत्येक रविवार के दिन तीस जून तक के लिये रद्द कर दिया गया है वहीं अरुणाचल एक्सप्रेस ट्रेन उनतीस जून तक प्रत्येक शनिवार के दिन रद्द कर दी गई है जबकि कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन सत्रह मई तक कटिहार से होगा पूर्वी बिहार के ऊपर बने चक्रवाती दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेशभर में अधिकतम तापमान में गिरावट आयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कटिहार पूर्णियां किशनगंज भागलपुर और बांका के कई हिस्सों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गयी सबसे अधिक तैयबपूर में ग्यारह दशमलव चार मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ बारिश की सम्भावना बनी हुई है इस दौरान कहीं कहीं बीस से लेकर पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है आज गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना का अधिकतम तापमान उनतालीस दशमलव चार भागलपुर का अड़तीस दशमलव दो और पूर्णिया का पैंतीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इधर भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अपने निर्धारित समय से पांच दिन बाद यानि छह जून को केरल पहुंचने का पूर्वानुमान जताया है बिहार में मॉनसून के बीस से बाईस जून तक पहुंचने की सम्भावना है कुलाधिपति सह राज्यपाल लालजी टंडन ने आज पटना में भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा की सीवान जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनी गांव में एक शादी समारोह के दौरान विषाक्त भोजन खाने से तीस से अधिक लोग बीमार हो गये वहीं खगड़िया जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के चैधा गांव में विषाक्त प्रसाद खाने से पैंसठ लोगों की तबीयत बिगड़ गयी सभी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है बोधगया में कल से तीन दिवसीय बुद्ध जयंती समारोह शुरू हो रहा है इसमें देश विदेश के हजारों बौद्ध धर्मावलंबी शामिल होंगे मुख्य समारोह कालचक्र मैदान में आयोजित किया जायेगा और अब अंत में मुख्य समाचार लोकसभा चूनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर

उनकी दिलचस्पी अपने हितों में

अगले चौबीस घंटों के दौरान आंधी बारिश की संभावना